इस अधिनियम के पारित होते ही अब से राज्य के ग्रूप सी पद को प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड एस एस बी आयोजित करवाएंगे किसी भी विभाग द्वारा ग्रप सी भर्ती के लिए प्रकाशित विज्ञापन जिसका अभी एक एडमिट कार्ड जारी नही किया गया है उसके लिए राज्य सरकार ने प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करने का निर्देश दिया है प्रश्न काल के दौरान विधायक वांगलिंग लोवांगडोंग के पुछे सवाल के जवाब में पर्यावरण वन व भ्र प्रबंधन मंत्री नाबाम रिबिया ने कहा कि जनजातीय मामला मंत्रालय ने ईस्ट कामेंग जिले के कामपु और तिराप जिले के खेला में वर्ष दो हजार सोलह को दो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी थी उन्होंने बताया कि केंद्र ने मॉडल स्कूलों के लिए तीस दशमलव पांच सात करोड़ की धनराशि की मंजूरी दी थी और सामाजिक न्याय सशक्तिकरण और जनजातीय मामला विभाग ने खेला मॉडल स्कूल के लिए सात दशमलव आठ करोड़ रुपये की धनराशि जारी की थी लेकिन पहली किश्त को उपयोग में नही लाए जाने के कारण विभाग ने प्ररे फंड की मंजूरी नही दी

पांगिन गांव में सियांग लोअर परियोजना के निर्माण के वर्तमान स्थिति पर उठाए सवाल का जवाब देते हुए श्री खाण्ड्र ने कहा कि स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के कारण परियोजना में कोई प्रगति नही हो पाई है विधायक वांगलिंग लोवांगडोंग द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास पर उठाए सवाल का लिखित जवाब देते हुए उद्योग मत्री ने बताया कि राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य सरकार प्रचार प्रसार कर रहा है उन्होंने बताया कि विभाग प्रदेश औद्योगिक और निवेश पॉलिसी दो हजार अट्ठारह की भी तैयारी कर रहा है

उन्होंने माना कि विभाग ने जिन स्कूल में अतिरिक्त शिक्षक है उन्हें शिक्षकों के अभाव वाले विद्यालयों में भेजने के लिए रेशनेलाईजेशन प्रक्रिया की पहल की गयी थी लेकिन मिड एकाडेमिक सेशन के कारण इस पहल को रोकना पड़ा विषय शिक्षकों के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में तेरह सौ पद का सुजन किया है और इसे प्रदेश लोक सेवा आयोग आयोजित करेंगे श्री ङानदाम ने इस दौरान जानकारी दी कि जिन विद्यालयों में छात्रों की भर्ती शुन्य है उन स्कूलों को सरकार बंद कर देगी

अधिसूचना में कहा गया है कि चीन में भारी वर्षा के बाद सांगपो नदी का जल स्तर बढ़कर भारत में सियांग नदी तक पहुंच रहा है सियांग नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने कहा की केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण फ्लेगशिप योजनाओं को लागु करने वाले पुर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है राजधानी ईटानगर में कल भाजपा विधान मंडल पार्टी कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही सौभाग्य ग्रामीण और शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना वेलनेस सेंटर मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड और आयुषमान भारत जैसे योजनाओं को कार्यान्वित करने में उन्होंने कहा कि राज्य सरकर ने तिथिष्टता प्रणत की है नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित भाजपा शाषित राज्यों के सम्मेलन पर प्रकाश डालते हुए श्री खाण्डू ने बताया कि कई महत्वपूर्ण सेक्टरों में अरुणाचल प्रदेश कई मुख्य धारा राज्यों से आगे है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजधानी ईटानगर स्थित ग्रीन फिल्ड हवाई अड्डा और स्मार्ट सिटी मुवमेंट मुद्दे पर साकारात्मक समर्थन मिल रहा है प्रदेश भाजपा इकाई अध्यक्ष तापिर गाव ने कहा कि आगामी विधानसभा चूनाव में भाजपा चुनाव पुर्व किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नही करेंगे राजधानी ईटानगर के विधान सभा परिसर में कल मिडिया से बातचित के दौरान उन्होंने यह बात कही